प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण कुछ समय के लिए स्थगित की गई विभिन्न विश्वविद्यालयों उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों तकनीकी विश्वविद्यालय और पॉलिटेक्नीक कॉलेजों की परीक्षाएं अब जुलाई के दूसरे सप्ताह से करवाई जायेंगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं सम्बन्धित विश्वविद्यालय और तकनीकी विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं की तिथियों का विस्तृत कार्यक्रम जारी करेंगे श्री गहलोत ने कहा कि विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं सबसे पहले कराई जाएं वहीं प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से अगले वर्ष में क्रमोन्नत कर दिया जाए बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं भी कराई जाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी बीटेक एमटेक और एमबीए तथा पॉलिटेक्नीक पाठ्यक्रमों के लिए भी अन्तिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई माह में शुरू कराई जाएं श्री गहलोत ने अधिकारियों को परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के संदर्भ में जारी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने के भी निर्देश दिए उन्होंने आवश्यकता के अनुसार परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढाने का सुझाव दिया

राज्य के विभिन्न प्रमुख शहरों के अलावा जयपुर से गुरुग्राम के लिए भी आज से बस सेवा शुरू हो रही है निगम के प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने आकाशवाणी को बताया कि बसों में निर्घारित क्षमता से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी राज्य में निजी बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ है निजी बस संचालक लॉकडाउन अवधि का टैक्स माफ करने की मांग कर रहे हैं उधर परिवहन आयुक्त रवि जैन ने कहा है कि विभाग में अब ज्यादा से ज्यादा प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जायेगा श्री जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और जिला परिवहन अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की उन्होंने बताया कि वाहनों की फिटनेस टेक्सेशन परमिट और रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य ऑनलाइन किये जायेंगे लाइसेंसिंग में आ रही समस्याओं को भी ऑनलाइन दूर किया जायेगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की इसी महीने होने वाली परीक्षाओं को लेकर आज अजमेर में जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक होगी इससे पहले कल भी बोर्ड मुख्यालय में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक हुई बोर्ड के अध्यक्ष डॉ धर्मपाल जारोली ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा के दौरान पूरी सावधानी बरती जायेगी उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मास्क लगाकर एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा केंद्र पर सैनेटाइजर भी उपलब्ध कराए जाएंगे परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टैंसिंग की पुरी पालना करनी होगी वे परीक्षा केंद्र में एक एक कर ही अंदर जाएंगे और उनका परीक्षण करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा डॉ जारोली ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढाने पर भी जिलेवार विचार विमर्श किया

केन्द्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत राज्यों द्वारा खनन नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप घोषित प्रकरणों में पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है खान विभाग के निदेशक गौरव गोयल ने बताया कि इस संबंध में राज्य के समी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए है

केन्द्र सरकार ने एक समाचार पत्र की इस खबर का खंडन किया है कि पचास से साठ दिन तक लगातार सेनिटाइजर के प्रयोग से हानिकारक त्वचा रोग और कैंसर हो सकता है पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीटर पर स्पष्ट किया है कि हैंड सैनिटाइजर से मनुष्य को कोई नुकसान नहीं होता है

इस सम्बंध में सभी सम्बंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को तकनीकी स्वीकृति निविदा और कार्यादेश शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए गए है

इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी है

यह कार्य पूरा होने से दिल्ली से जयपूर अजमेर ब्यावर उदयपुर और अहमदाबाद तक यातायात सुगम हो जाएगा शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने राज्य के विद्यालयों में आधारमूत सुविधाओं के विकास के लिए भामाशाहों को प्रेरित करने पर जोर दिया है श्री डोटासरा ने कल जयपुर के शिक्षा संकुल में ज्ञान संकल्प पोर्टल और मुख्यमंत्री विद्यादान कोष योजना की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे गांव और ढाणी में दानदाताओं के नाम से बने विद्यालयों के भामाशहों को पत्र लिखकर उनसे संपर्क रखे और शिक्षा क्षेत्र में उनका सहयोग लेकर विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण तथा आधारमूत सुविघाओं को विकसित करें उन्होंने कहा कि विद्यालयों के विकास के लिए प्रवासी राजस्थानियों को प्रेरित किए जाने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के समय में भी शिक्षण में किसी तरह की बाघा नहीं आयी है पाठय पुस्तकों के डिजिटल संस्करण ऑनलाईन उपलब्ध कराने के साथ ही स्माईल परियोजना दूरदर्शन और आकाशवाणी से शिक्षावाणी तथा शिक्षा दर्शन जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण करवाया गया भरतपुर की पहाडी पंचायत समिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने कल पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को गिरफ्तार े किया आरोपी ने ये राशि परिवादी से बमनवाड़ी ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के मस्टरोल को पास करने की एवज में ली थी प्रदेश में पिछले चार दिन से चल रहा तेज आंधी और बारिश का दौर कल भी जारी रहा इसके चलते प्रतापगढ जिले के छोटी सादडी में देर शाम तेज हवाओं और मेघ गर्जन के साथ बारिश हई

बृंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल रात कई स्थानों पर बारिश हुई इससे पहले प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है

मौसम विमाग ने आगामी तीन दिनों में कई स्थानों पर आंधी बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई है